राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि

प्रदेश में पहली बार दलहन की आज से सरकारी खरीद होगी

और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेशभर का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है पिछले चार दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए बातचीत में यह बात कही

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए जनभागीदारी के जरिये लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है श्री चौहान ने कहा कि हर स्तर पर आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी शामिल रहे बिहार में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कल रिकॉर्ड चार हजार सात सौ छियासी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक एक हजार चार सौ तेरासी मामले सामने आये हैं गया और भागलपुर से तीन सौ चौंतीस तीन सौ चौंतीस मुजफ्फरपुर से दो सौ बयालीस भोजपुर से एक सौ छियासठ जहानाबाद से एक सौ अट्ठाईस और औरंगाबाद से एक सौ बाईस मामले सामने आये है इसके अलावा बेगूसराय गोपालगंज कटिहार सहरसा समस्तीपुर और सारण जिले से भी सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में इक्कीस मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार छह सौ इक्यावन हो गया है वहीं इसी अवधि में एक हजार एक सौ नवासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव चार प्रतिशत है वर्तमान में तेईस हजार सात सौ चौबीस मरीजों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में कोविड के रिकॉर्ड एक लाख से अधिक नमूनों की जांच हुई है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी राज्य के मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ और आईपीएस अधिकारी बलराम चौधरी कोरोना संक्रमित हो गये हैं इनमें से चैतन्य प्रसाद और बलराम चौधरी को बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती किया गया है जबकि अन्य सभी होम आईसोलेशन में हैं पटना के चौदह और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज होगा इससे पूर्व तैंतीस निजी अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित थे पटना में अब सैंतालीस प्राईवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए पंजीकृत किये जा चुके हैं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुये पटना हाई कोर्ट में अब तीस अप्रैल तक वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी टीका उत्सव के चौथे दिन कल एक लाख बत्तीस हजार चार सौ छब्बीस लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार दिनों तक चले टीका उत्सव में पांच लाख चौवालीस हजार दो सौ उनहत्तर लोगों का टीकाकरण किया गया है राज्य में अब तक चौंवन लाख चौंसठ हजार दो सौ दस लोगों को टीके दिये जा चुके हैं इसमें सैंतालीस लाख चौरानवे हजार अठहत्तर लोगों को पहली डोज जबकि छह लाख सत्तर हजार एक सौ बत्तीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिय है

महाराष्ट्र केरल दिल्ली गुजरात और पंजाब से बिहार आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है पटना जिला प्रशासन ने इस संबंध में पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों को आदेश दिया है आदेश में कहा गया है कि यात्रियों के पास पास यात्रा की शुरूआत से अधिकतम बहत्तर घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होनी चाहिए रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यात्रियों की बोर्डिंग की जायेगी साथ ही हवाई अड्डा पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को दस दिनों के लिए होम क्वारेंटीन में रहना होगा बिहार लौटने वाले लोगों की बढ़ रही संख्या को देखते हुये रेलवे ने महाराष्ट्र से राज्य के विभिन्न स्टेशनों के बीच बारह और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पहले से चलाई जा रही तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हये सार्वजनिक स्थानों पर रामनवमी छठ प्रजा और जुम्मे की नमाज पर रोक लगा दी है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि इस आदेश का अन्पालन सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि अधिकारियों को समाज के सभी हितधारकों जनप्रतिनिधियों और प्रजा समिति के सदस्यों से मदद लेने को कहा गया है प्रदेश में पहली बार दलहन की आज से सरकारी खरीद होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए अनुमंडल स्तर पर क्रय केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर ही किसानों का निबंधन होगा और दाल की खरीद की जायेगी

उन्होंने बताया कि चना और मसूर दाल की खरीद होगी जिसके लिए पांच हजार एक सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गयी है रैयत किसान अधिकतम पच्चीस पच्चीस क्विंटल और बटाईदार किसान अधिकतम पन्द्रह पन्द्रह क्विंटल चना और मसूर दाल बेच सकेंगे श्री कुमार ने बताया कि पन्द्रह मई तक दलहन की खरीददारी होगी और सरकार ने पांच लाख क्विंटल दाल खरीद का लक्ष्य रखा है राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद के मामले पर भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हई राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और दोनों आयोगों के बीच गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बनी उन्होंने बताया कि इस बात पर सहमति बन गयी है कि ईवीएम से ही पंचायत चुनाव होंगे साथ ही चुनाव में मल्टीपोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बातचीत हुई और नये पहलुओं पर भी विचार किया गया उन्होंने बताया कि बातचीत का दौर आज भी जारी रहेगा नेपाल को बिजली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड दो नये विद्युत संचरण लाईन का निर्माण करेगा ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है पहली लाईन कटैया से कुसहा जबकि दूसरी लाईन रक्सौल से परवानीपूर के बीच बिछाई जायेगी दोनों ही परियोजना पर तैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक लागत आने का अनुमान है पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम औसत तापमान अड़तीस से चालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्सों में लू की स्थितियां बन रही हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अधिकतम तापमान सामन्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्वी जिलों किशनगंज अररिया पूर्णियां सुपौल सहरसा और मधेपुरा में कुछ स्थानों पर अगले तीन दिनों तक बारिश की सम्भावना है

गर्मी की श्रूआत होने पर मनाया जाना वाला यह पर्व लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का संदेश देता है रोहतास जिले में अवैध खनन और ओवर लोडिंग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत कल उनतालीस ट्रक दस ट्रैक्टर और तीन हाईवा जब्त किये गये वहीं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से सोलह शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया रोड स्थित एक क्रियर कम्पनी से अपराधियों ने हथियार के बल पर चौदह लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सीबीएसई की दसवीं की परीक्षाओं के रद्द होने और बारहवीं की परीक्षा स्थगित होने से जुड़ी खबरें हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत अन्य सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों से संबंधित खबरों को आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि

प्रदेश में पहली बार दलहन की आज से सरकारी खरीद होगी

और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेशभर का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर